देर रात हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में छह बिन्दुओं पर चर्चा कर प्रस्ताव तैयार किया गया है गौरतलब है कि प्रदेश में जारी सियासी संकट पर राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा है कि संवैधानिक मर्यादा से उपर कोई नहीं है राज्य सरकार द्वारा विधानसभा सत्र बुलाए जाने के लिए सौंपी गई पत्रावली में सत्र आहुत करने को लेकर महत्वपूर्ण कारण और एजेंडा नहीं बताया गया है राज्यपाल ने अल्प सूचना पर सत्र बुलाने का औचित्य विधायकों के स्वतंत्र आवागमन की सूनिश्चितता और कोरोना को देखते हुए सत्र बुलाने के जरूरी प्रबंधन पर विवरण मांगा है इस बीच कांग्रेस द्वारा हर जिला मुख्यालय पर भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है

इधर भारतीय जनता पार्टी ने इस समूचे प्रकरण पर कड़ी प्रतिकिया दी है इस बीच केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने एक ट्वीट कर मुख्यमंत्री गहलोत पर असल मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने की बात कही है उन्होंने प्रदेश में बढ़ रही हिंसा और अपराधों पर भी सवाल उठाया है इससे पहले प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया और नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने ने कल एक प्रेस वार्ता में कहा कि प्रदेश के संवैधानिक प्रमुख पर विधानसभा सत्र बुलाए जाने की मांग पर अनावश्यक दबाव बनाया जा रहा है

प्रदेश में पिछले दो दिनों से मानसून की बारिश का अच्छा असर नजर आ रहा है अजमेर जयपुर नागौर पाली उदयपुर जिलों में हुई बारिश से औसत बारिश में भी बढ़ोतरी हुई है

जयपूर जिले के फागी किशनगढ़ रेनवाल कोटपूतली उदयपूर जिले के सेमारी और खेरवाड़ा से भी अच्छी बारिश के समाचार हैं इसके अलावा अलवर भरतपुर भीलवाड़ा प्रतापगढ़ राजसमंद सीकर और टोंक जिलों में भी कई स्थानों से हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की खबर है मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार आज उदयपुर भरतपुर जयपुर अजमेर और कोटा संभाग में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है

रेलवे ने दिल्ली अहमदाबाद रूट पर दिल्ली से अजमेर के बीच विद्युतीकरण का काम पूरा कर लिया है मंडल रेल प्रबंधक ने बताया कि दिल्ली सराय रोहिल्ला से अजमेर के बीच चलने वाली जन शताब्दी एक्सप्रेस इस मार्ग की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन बनेगी श्रोताओं कोरोना से बचाव के लिए घर से बाहर हमेशा मास्क पहनें और दो गज की दूरी बनाए रखें

बहत आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें